दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली में देहांत हो गया हरियाणा की बिजली वितरण कंपनी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन संबंधि सभी लंबित मामले निपटा लिए गए हैं

मुख्यमंत्री चण्डीगढ में विभिन्न कर्मचारी एवं श्रम संगठनों के साथ मुलाकात के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारी संगठन अधिकतर मुद्दों पर आज की बातचीत पर संतुष्ट थे और उनकी क्छ मांगों पर विचार के लिए समय लिया गया है

नौकरी के लिए परिवार में पहले किसी के सरकारी नौकरी में न होने की शर्त होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता विभाग में बैंक में तरक्की देने की नीति फिर से लागू होगी

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित का आज नई दिल्ली में देहांत हो गया

काबिले गौर है कि वह तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वह दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी

उन्होंने केरल की राज्यपाल के तौर पेर भी अपनी सेवा निभाई

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमती शीला दीक्षित को अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए याद किया जाएगा श्री नायडू ने कहा कि वह एक अच्छी प्रशासक थी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्रीमती शीला दीक्षितने दिल्ली के विकास में स्मरणीय योगदान दिया है श्री अमित शाह ने श्रीमती शीला दीक्षित के परिजनों और उनके समर्थकों के प्रति सांत्वना प्रकट की है कांग्रेस नेता राहल गांधी ने कहा कि शीला दीक्षित के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ है श्री गांधी ने उन्हें पार्टी की प्रिय बेटी बताया पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रहते हुए श्रीमती शीला दीक्षित द्वारा विकास कार्यों में दिये गए उनके योगदान के लिए लोग उन्हें याद करेंगे दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी श्रीमती शीला दीक्षित के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शीला दीक्षित के देहांत के समाचार से उन्हें गहरा दुख हुआ है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शीला दीक्षित के निधन पर विधान सभा स्पीकर चौ कंवरपाल गुर्जर ने भी शोक जताया है जगाधरी में स्पीकर कंवरपाल ने कहा कि शीला दीक्षित बेहद सौम्य व सुलझे विचारों की प्रगतिशील नेता थी उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित को लंबे समय तक याद किया जाएगा

निगम के प्रवक्ता ने बताया कि न्यायालय में लंबित केस लंबित चार्जशीट कर्मचारियों द्वारा पेंशन पेपर और नो डियूज़ सर्टिफिकेट समय पर न जमा करवाना इन मामलों में देरी की मुख्य वजह रही है

श्री विनय ने कहा कि इस मीटिंग में विभिन्न गुरूद्वारों के प्रतिनिधि समाजसेवी संगठन सभी नगर निगम नगर परिषद व निकायों के पार्षद उपस्थित रहेंगे हरियाणा में आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हई सबसे ज्यादा बारिश पेहोवा कैथल और गुरूग्राम में दर्ज की गई है

मृतक की पहचान वीरेन के रूप में हुई है जानकारी के अनुसार नर्सरी में पढने वाला यह बच्चा आज सुबह बस में चढ़ते समय टायर के नीचे आ गया उसकी मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है